जेल में अनुपयोगी फटे पुराने कम्बलों से गायों के लिए कवर बना रहे हैं कैदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सुजन कर रहा है आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है जब जनता कर्फ्यू जैसा अमिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था एकजुटता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है साथियो देश के सामान्य से सामान्य मानव ने इस बदलाव को महसूस किया है मैंने देश में आशा का एक अद्युत प्रवाह भी देखा है चुनौतियाँ खूब आई संकट भी अनेक आए कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी थाई लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ दिल्ली के अभिनव बैनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सोच में यह बदलाव पिछले एक साल में आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ ग्णवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की हम आत्मनिर्मर भारत का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमारे मैन्यूफ़ेक्वर्म्स उनके लिए भी साफ सन्देश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें

मैं देश के मैन्यूकफेक्वर्स इंडफ्री लीडर्स से आग्रह करता हूँ देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है मजबूत कदम आगे बढ़ाया है

ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्वस्तरीय हों कर्नाटक के युवा ब्रिगेड नाम के संगठन के नौजवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से श्रीरंगपट्टनम में एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और पक्के इरादे दो ऐसे उपाय है जिनसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दो पूत्रों जोरावर सिंह और फतेहसिंह को श्रद्वांजलि अर्पित की जिन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए एनिमेशन वीडियो बनाने वाले तमिलनाडु के एक शिक्षक का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके इजाद किये हैं और रचनात्मक तरीके से पाठय सामग्री तैयार की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कुछ शहरों में ठंड में बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग उनके खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इन्तजाम करते हैं उन्होंने कौशाम्बी जिले का उदाहरण देते हुए कहा कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किये जा रहे हैं वहाँ जेल में बंद कैदी गायों को ठण्ड से बचाने के लिए पुराने और फटे कम्बलों से कवर बना रहे हैं इन कम्बलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौ शाला भेज दिया जाता है कौशाम्बी जेल के कैदी हर सप्ताह अनेकों कवर तैयार कर रहे हैं यह वास्तव में एक ऐसा सत्कार हैं जो समाज की संवदेनाओं को सशक्त करता है

उम्र और परिस्थितियां इसमें आड़े नहीं आती प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को नव वर्ष के लिए अपनी श्मकामनाएं भी दी मै आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप खुद स्वस्थ रहिए अपने परिवार को स्वस्थ रखिए

इसके लिए कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की व्यवस्था को प्रमावी बनाने के लिए कहा है मुख्यमत्री कल एक उच्चस्तरीय बैठक में अँनलाक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में औषधियों मेडिकल उपकरणों तथा आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्यता बनी रहे उन्होंने सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिदिन सुबह कोविड अस्पतालों तथा शाम को इन्टीग्रेटेड कमान एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में बैठक कर आगे की रणनीति तय करने के लिए भी कहा कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ डाक्टर नियमित रूप से वार्ड में राउण्ड लेते रहें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कीः एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाहर के देरों से आ रहे समी लोगों की एक सूची तैयार की जाये और हर किसी का कोविड परीक्षण किया जाये ऐसे लोगों को तब तक घरों में ही पृथकवास में रखा जाये तब तक कि उनकी कोविड जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते मुख्यमंत्री ने कांटेक्ट ट्रेसिंग और सर्वितांस सिस्ट को और प्रमावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी क्षमता के साथ किये जायें इस बीच प्रदेश में काफी लंबे अंतराल के बाद कल एक हजार से भी कम कोविड संक्रमण के मामले सामने आये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

केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था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 सिख समुदाय के दसवें गुरू श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों और माता गुजरी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस पर कल आयोजित ग्रूबाणी कीर्तन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हए मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरू पुत्रों और माता गुजरी की शहादत को नमन करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिख समाज ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जो लड़ाई लड़ी वह अविस्मरणीय है

जिसमें कुल छः सौ छाछठ दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किये गये इस अवसर पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और ड्मरियागंज के सांसद जगदम्बिकापाल उपस्थित रहें लोगों को सम्बोधित करते हए सांसद जगदम्बिकापाल ने कहा कि दिव्यागंजनों को सहायक उपकरण मिलने से उनकी जिन्दगी काफी आसान हो जाती हैं उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से दिव्यांगजनों को दूसरों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती और वे अपने दैनिक जीवन के कार्यो को आसानी से कर सकते है